कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी संक्षिप्त प्रवास पर कल रायपुर आ रहे हैं इस दौरान वे सबके लिए स्वास्थ्य का अधिकार विषय पर आधारित कार्यशाला को संबोधित करेंगे भाजपा चुनाव समिति की आज रायपुर में बैठक हो रही है इस बैठक में प्रदेश के सभी ग्यारह लोकसभा क्षेत्रों के लिए दो से तीन नामों का र्पनल बनाकर हाईकमान को भेजा जाएगा रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए वार्षिक परीक्षाओं की समय सारिणी में बदलाव किया है सुब्रत साहू संवाद लोकसभा चुनाव के मद्देनजर छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू कल पन्द्रह मार्च को आम नागरिकों के साथ सोशल मीडिया प्लेटफार्म फेसंब्क पर सीधा संवाद करेंगे वे दोपहर बारह बजे से एक बजे तक सीईओ कार्यालय के फेसबुक पेज पर लाइव मौजूद रहेंगे इस दौरान वे मतदाताओं के निर्वाचन संबंधी जिज्ञासाओं का समाधान करने के साथ ही उनके सवालों के जवाब भी देंगे वहीं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी लोकसभा निर्वाचन की गतिविधियों और निर्वाचन आयोग द्वारा किए जा रहे नए प्रयोगों की भी जानकारी देंगे श्री साह इस दौरान आम नागरिकों को मोबाइल एप्लिकेशन सी विजिल ऐप के बारे में भी बताएंगे इसके माध्यम से मतदाता आदर्श आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत सीधे निर्वाचन आयोग को कर सकते हैं

इस दौरान वे सबके लिए स्वास्थ्य का अधिकार विषय पर आधारित एक कार्यशाला को संबोधित करेंगे इसके बाद श्री गांधी ओड़िशा के लिए रवाना हो जाएंगे एक निजी संस्था द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव कांग्रेस के छत्तीगसढ़ प्रभारी पीएल पुनिया के अलावा देश के जाने माने चिकित्सा विशेषज्ञ शामिल होंगे भाजपा बैठक भाजपा चुनाव समिति की आज रायपुर में बैठक हो रही है इस बैठक में प्रदेश के सभी ग्यारह लोकसभा क्षेत्रों के लिए दो से तीन नामों का पैनल बनाकर हाईकमान को भेजा जाएगा पार्टी कार्यालय एकात्म परिसर में हो रही इस बैठक में संभावित दावेदारों के नाम पर मंथन होगा बैठक में चुनाव समिति के सदस्यों के साथ ही प्रदेश प्रभारी अनिल जैन भी शामिल हुए हैं अंतागढ नान मामला हाईकोर्ट छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में अंतागढ़ टेपकांड मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी और पूर्व मंत्री राजेश मूणत सहित कुछ अन्य लोगों पर दर्ज एफआईआर के संबंध में अब अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी आज एफआईआर को चुनौती देने वाली याचिका पर हई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने यह निर्णय लिया गौरतलब है कि अंतागढ़ टेपकांड मामले में कांग्रेस प्रवक्ता किरणमयी नायक ने अजीत जोगी सहित पूर्व मंत्री राजेश मूणत कांग्रेस प्रत्याशी रहे मंतूराम पवार और डॉक्टर पुनीत गुप्ता के खिलाफ रायपुर में एफआईआर दर्ज कराई थी बाद में इन सभी ने अलग अलग याचिका में एफआईआर को गलत बताते हुए हाईकोर्ट में इसे चुनौती दी थी वहीं नागरिक आपूर्ति निगम घोटाला नान फोन टेपिंग प्रकरण पर आज हाईकोर्ट में दायर याचिका पर भी सुनवाई हुई कोर्ट ने आरोपी डीएसपी आरके दुबे को राहत नहीं दी है और उन्हें अट्ठारह तारीख को एसआईटी के समक्ष जांच में सहयोग करने के लिए कहा है इस मामले की अगली सुनवाई उनतीस अप्रैल को होगी आज इस पूरे मामले में सरकार की तरफ से पूर्व केन्द्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने पैरवी की माओवादी मुठभेड़ कबीरधाम जिले के भोरमदेव अभयारण्य के पास आज पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हई दर्ग पुलिस उप महानिरीक्षक रतन लाल डांगी ने दावा किया है कि बकोदा के घने जंगल में हई इस मुठभेड़ में भारी संख्या में माओवादी मारे गए हैं या फिर घायल हुए हैं पुलिस ने घटनास्थल से भारी मात्रा में दैनिक उपयोग का सामान भी बरामद किया है उन्होंने बताया कि जंगल में गश्त जारी है मिली जानकारी के अनुसार कवर्धा पुलिस को देर रात बकोदा के जंगल में भारी संख्या में माओवादियों के होने की सूचना मिली थी जिसके बाद आज सुबह जिला पुलिस बल और सीएएफ के जवान गश्त के लिए रवाना हुए इसी दौरान माओवादियों ने जवानों पर फायरिंग शुरु कर दी जवानों ने भी जवाबी कार्यवाही की इसके बाद माओवादी वहां से भाग खड़े हुए

बीएससी बीए सहित करीब पन्द्रह कक्षाओं की परीक्षाओं की नई तारीख जारी कर दी गई है इस बदलाव के कारण विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षाएं अब बीस मई तक चलेंगी भिलाई लूट आरोपी गिरफ्तार भिलाई में पिछले दिनों दिनदहाड़े गोली चलाकर कैशियर से की गई नौ लाख रूपए की लूट के मामले में दूर्ग पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने लूट के आरोपियों को पकड़ने वाली पुलिस टीम को पुरस्कार के रूप में दो लाख रूपए देने की घोषणा की है पुलिस ने लूट के दौरान इस्तेमाल की गई मोटर सायकल पिस्टल एक देशी कट्टा जिंदा कारतूस और लूटी गयी रकम में से करीब एक लाख रुपये नकद बरामद किए हैं मतदान शपथ गरियाबंद जिले में इन दिनों स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है इसी कड़ी में आज सहकारी बैंक पहुंचे तीन सौ से अधिक किसानों को भी मतदान के लिए जागरूक करने को साथ ही इन्हें मतदान करने की शपथ दिलाई गई किसानों ने इस दौरान शपथ ली कि वे बिना किसी लालच जाति और धर्म की सोच से उपर उठकर मतदान करेंगे विश्व किडनी दिवस आज विश्व किडनी दिवस है यह दिन हर वर्ष मार्च के दूसरे गुरूवार को मनाया जाता है इसका उद्देश्य किडनी के महत्व और उससे संबंधित बीमारियों को रोकने के बारे में जागरूकता बढ़ाना है विश्व किडनी दिवस का विषय है सभी के लिए सभी जगह स्वस्थ किडनी मौसम प्रदेश में आज भी बिलासपुर और सरगुजा संभाग में एक दो स्थानों पर बारिश हुई हालांकि रायपुर और सरगुजा संभाग में तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया मौसम विभाग के अनुसार अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के उत्तरी हिस्से में एक दो स्थानों पर गरज चमके साथ तेज हवाएं चलने और बारिश होने की संभावना है

इस नियुक्ति को नियम विरूद्ध बताते हुए अनिल द्विवेदी सहित अन्य लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी बस्तर जिले दलपत सागर मार्ग पर आज एक ट्रैक्टर पलटने से दो लोगों की मौत हो गई है और चार अन्य घायल हो गए है जिन्हें जगदलपुर के अस्पताल में दाखिल कराया गया है शिक्षा के अधिकार के तहत प्रदेश में निजी शालाओं में प्रवेश के लिए तीस मार्च तक आवेदन दिए जा सकते हैं उत्तर रेलवे के खतौली मंसपुर खंड में दोहरीकरण कार्य के कारण अट्ठारह मार्च तक पुरी उत्कल एक्सप्रेस सहित कुछ एक्सप्रेस गाडियों का परिचालन प्रभावित रहेगा